दीपावली मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली पर मिट्टी के दीयों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि मिट्टी के दीये बेचने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही उन्होंने नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे दीये बेचने वालों से किसी भी प्रकार के कर की वसूली नहीं की जाए गौठान दिवस राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाया जाएगा इस संबंध में राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं जारी निर्देश के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन परम्परा के अनुसार गौठानों में गौवंशियों की पूजा अर्चना की जाएगी शासन ने गौठान दिवस के पहले गौठान सेवा समिति का गठन करने और इसी दिन समिति को औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए हैं साथ ही गौठान समिति से बैंकों में तत्काल खाता खुलवाने के लिए कहा है ताकि नवम्बर माह से इन खातों में आबंटन उपलब्ध कराया जा सके

वहीं ढाई लाख ऐसे लोगों के नाम भी काटे गए हैं जिन्हे अपात्र पाया गया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में अब कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़कर बासठ लाख हो जाएगी जिनमें बीपीएल कार्डधारियों की संख्या अंठावन लाख और एपीएल राशन कार्डो की संख्या आठ लाख होगी उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिल पीडीएस स्कीम के तहत प्रदेश के लगभग सभी लोगों को भोजन का अधिकार देने की शुरूआत हो गई है चित्रकोट उपचुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए अब तीन दिन ही शेष रह गए हैं परसों शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं इस सीट के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा और चौबीस अक्टूबर को नतीजे आएंगे

साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कारावास और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी प्रशासन ने आम जनता से भी ऐसे फल नहीं खरीदने का आग्रह किया है प्रशासन के अनुसार फलों के ऊपर लगे स्टीकर के गोंद में कैमिकल होता है जिसकी वजह से फल दूषित हो जाता है ऐसे फल लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं

मिली जानकारी के अनुसार मृतक सेठी राम सागर जांजगीर चांपा जिले के बंसुला गांव का रहने वाला था

मिली जानकारी के अनुसार परिजनों की मौजूदगी में पुलवामा के काकापूरा में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है

इन पर पांच पांच लाख रूपए का इनाम घोषित था इनमें कटेकल्याण एरिया कमेटी सदस्य और जनमिलिशिया कमाण्डर शामिल हैं जो कई अपराधों में लिप्त थे दोनों माओवादियों ने पुलिस कैम्प चिकपाल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया है जिन्हें शासन की योजना के तहत दस दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है वायुसेना भर्ती रैली धमतरी में आयोजित भर्ती रैली में पहली बार राज्य के दो सौ आठ युवाओं का चयन वायुसेना के लिए हुआ है इनमें से सबसे ज्यादा पचास युवा दुर्ग जिले के हैं इस रैली में प्रदेशभर के पांच हजार से अधिक युवा शामिल हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुने हुए सभी युवाओं को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं उल्लेखनीय है कि धमतरी में बीते तेरह अक्टूबर से वायु सेना भर्ती रैली का आयोजन दो चरणों में किया गया था मौसम प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है इसके चलते फिलहाज प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है दिन में हल्की गर्मी पड़ रही है और रात के तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ रही है मौसम केन्द्र रायपुर के अनुसार प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है लेकिन अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है स्पेशल ट्रेन त्यौहारों के मौसम में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग द्वारा सोलह अक्टूबर से सत्ताईस नवंबर तक कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं इनमें दुर्ग पटना छठपूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से आगामी इक्कीस अक्टूबर और पटना से तीन नवंबर को छूटेगी वहीं रायपुर रायगढ़ के बीच छब्बीस फेरों के लिए इकतीस अक्टूबर तक मेमू एक्सप्रेस चलाई जाएगी इसके अलावा हटिया और पुणे के बीच तीन फेरों के लिए साप्ताहिक ट्रेन और शालीमार जयपुर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन तीन फेरों के लिए चलाई जाएगी साथ ही सिकंदराबाद और बरौनी के बीच छह फेरों के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सत्ताईस नवंबर तक चलेगी इसके अलावा जबलपुर सांतरागाछी और पुणे सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस में दो दो अतिरिक्त स्थायी कोच की सुविधा भी रेल प्रशासन ने शुरू की है प्लेसमेंट कैंप छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आगामी इक्कीस अक्टूबर को प्लेसमेंट केँप का आयोजन किया जा रहा है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 करवा चौथ पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना का पर्व करवा चौथ आज प्रदेश में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाने की परंपरा है इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखकर रात्रि में भगवान चन्द्रमा की पूजा करती हैं और उन्हें अर्ध्य देकर अपना व्रत संपन्न करती हैं ऑपरेशन मुस्कान प्रदेश में पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान से डेढ़ हजार से अधिक बच्चों को ढूंढ़ कर वापस लाया गया है इन्हें पुलिस ने उनके अभिभावकों को सौंप दिया है इन बच्चों को मध्यप्रदेश महाराष्ट्र ओडीसा उत्तरप्रदेश और झारखंड आदि राज्यों से बरामद किया गया है बरामद बच्चों में से कुछ मानव तस्करी बालश्रम और भिक्षावृत्ति के शिकार हुए थे पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए राज्य के भीतर और अन्य प्रदेशों में पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है भिलाई रेलवे सुरक्षा भिलाई के रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ने क्षेत्र में ट्रेन से मवेशियों के कटने और पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लोगों से सहयोग मांगा है सुरक्षा बल पोस्ट के अधिकारियों और सदस्यों ने रेल पटरियों के किनारे स्थित बस्तियों का दौरा कर लोगों को ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान से अवगत कराया और उन्हें रेलवे ट्रैक से दूर रहने की हिदायत दी संक्षिप्त समाचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी विकासखंडों में निकाली गई गांधी विचार पदयात्रा का आज समापन हो गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए संचालित केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आगामी इकतीस अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं महासमुंद जिले के हाथी प्रभावित गांवों के सैंकड़ों ग्रामीणों ने हाथी के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय में रैली निकाली और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा